इसके लिए जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया गया है महेन्द्र सिंह ठाकुर आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत लोअर देहलां में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी पेयजल भण्डारण टैंकों को साफ करवाया गया है ताकि पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों के ऐसे कार्य अब शीघ्र हो रहे हैं जिनके लिए पहले उन्हें राज्य अथवा जिला मुख्यालय जाना पड़ता था

शिक्षा दिवस आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है

वे एक स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद ने एक टवीट संदेश में मौलाना आजाद को श्रंद्वाजलि अर्पित की

वीरेन्द्र कंवर आज ऊना ज़िला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यो का जायज़ा लेने के उपरांत ग्राम पंचायत थड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिला में विक्रय व प्रदर्शनी केन्द्र खोले जाएंगे ताकि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का आसानी से बाज़ार उपलब्ध हो

सुक्ख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाक्र सुखविंदर सिंह ने राज्य के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक ऑबजर्वरज की नियुक्तियां की है ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हें सबंधित ब्लॉक में जाकर मासिक बैठकें करने और बूथ कमेटियों का गठन कर शीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शक्ति ऐप से जोड़ने के निर्देश भी दिए लवी मेला राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि मेले व त्योहार प्राचीन परम्पराओं के प्रतीक हैं तथा इनका देश व प्रदेश की उच्च संस्कृति को सुरक्षित रखने में अहम योगदान है

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लवी मेला व्यापारिक गतिविधियों व पौराणिक परम्पराओं के लिए विख्यात है

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि आज बेहतर विकल्प बनकर उभरी है जिसे अपनाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक कृषि भारतीय नस्ल की गाय पर आधारित है उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे स्थानीय नस्ल की गायों को सड़कों पर न छोड़ें और उनकी उपयोगिता को समझते हुए नस्ल सुधार पर कार्य करें इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को लवी मेले की बधाई दी तथा मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया मुख्य सचेतक व विधायक नरेन्द्र बरागटा उपायुक्त शिमला अमित कश्यप आनी के विधायक किशोरी लाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाये रहे मौसम के इस मिजाज़ से सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है जिससे प्रदेश के जनजातीय इलाकों सहित अधिकतर भागों में ठंड बढ़ गई है राज्य के जनजातीय ज़िला किन्नौर में घने बादल छाए रहे कांगड़ा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिला की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्के हिमपात का समाचार है

उधर लाहौल स्पीति ज़िला प्रशासन ने ज़िले की ऊंची चोटियों पर हो रहे हल्के हिमपात के दृष्टिगत स्थानीय लोगों से रोहतांग दर्रा पार न करने की सलाह दी है

उन्होंने बताया कि सीमा सड़क संगठन ने अधिकांश मशीनरी को मनाली स्थानांतरित कर दिया है